कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

सख्ती के तहत विभिन्न बाजार कार्यस्थल व्यावसायिक निजी और सार्वजनिक गतिविधियों आदि के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों में अधिक कडाई करने का निर्णय लिया है गृह विभाग के आदेश के मुताबिक पूरे राज्य में शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में निर्णय के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये आदेश के अनुसार बाजार और अन्य प्रतिष्ठान शाम पांच बजे बंद करने होंगे वहीं राजकीय कार्यालय शाम चार बजे तक बंद हो जाएंगे वहीं सभी शिक्षण संस्थान लाइब्रेरी कोचिंग बंद रहेंगे आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कार्यालय कोविड गाइडलाइन के मुताबिक यथावत काम करते रहेंगे

वहीं समारोहस्थल मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को सात दिन तक सीज किया जाएगा वहीं धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा अर्चना और इबादत की जा सकेगी

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में धार्मिक मेलों उत्सवों और जुलुस आदि पर रोक रहेगी

करौली जिले में कल कोरोना संकमण का कोई मामला सामने नहीं आया है

वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हजार आठ हो गई है

प्रदेश की जनता को कोरोना संक्रमण से बचने और टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न हस्तियां भी आगे आकर इस बारे में अपील कर रही है इसी कम में सुप्रसिद्ध लोक गायिका स्वर्णा घोष ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं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

हम लोगों को समझाइश कर और सख्ती करके अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे जिसमें सभी संगठनों धार्मिक सामाजिक संस्थाओं महत्वपूर्ण व्यक्तियों और आम लोगों के सहयोग की सख्त आवश्यकता है

श्री गहलोत कल जयपुर में राजनैतिक और धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा धर्मगुरूओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की पहली लहर के दौरान आमजन स्वास्थ्य गाइडलाइन्स का समुचित पालन कर रहे थे इसी कारण हम महामारी से बच पाए इस बार जबकि संक्रमण अधिक तेजी से फैल रहा है ज्यादा घातक है और कम उम्र के लोगों को भी चपेट में ले रहा है इसके बावजूद आम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना छोड़ दी है यह गंभीर चिंता का विषय है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया

इस मौके पर आज महिलाएं और बालिकाएं पारम्परिक रूप से गणगौर माता की पूजा अर्चना कर रही हैं कोविड महामारी को देखते हुये इस बार जयपुर में गणगौर की सवारी नहीं निकलेगी और गणगौर मेला भी नहीं भरेगा वहीं राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में होने वाले गणगौर मेलों का आयोजन भी इस बार नहीं होगा